बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उनचास प्रतिशत से बढ़ा कर चौहत्तर प्रतिशत किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा बजट से उद्योग निवेश और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बहत सकारात्मक बदलाव होंगे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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है इसके लिए छह प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है ये हैं स्वास्थ्य तथा कल्याण भौतिक तथा वित्तीय पूंजी और अवसंरचना आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास मानव संसाधन में नवजीवन का संचार नव परिवर्तन अनुसंधान तथा विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन वित्तमंत्री ने बजट अनुमानों में पूंजीगत बजट में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है

पश्पालन डेरी और मछली उद्योग को ऋण प्रदान करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा ग्रामीण ढांचा विकास कोष के लिए आबंटन तीस हजार करोड़ से बढ़ाकर चालीस हजार करोड़ रूपये करने की भी घोषणा की गई है कृषि विपणन में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ई नैम के साथ एक हजार और मंडियों को एकीकृत करेगी वित्त मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन शहरी शुरू किया जाएगा

सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम का इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ भी लाएगी

अब भारत दुनिया में न्यूनतम निगम कर वाले देशों में शामिल हो गया है प्रत्यक्ष कर प्रशासन में फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील शुरू की गई है

उन्होंने कहा कि बजट किसानों और एमएसएमई को बढ़ावा देने वाला होगा

कांग्रेस नीत राज्य सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों ने बजट को निराशाजनक बताया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान को केन्द्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थी लेकिन प्रदेश की जनता को इससे निराशा हुई है बजट में उम्मीद थी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा और हर घर नल योजना में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ उन्होंने कहा कि पैट्रोल डीजल की कीमत में कोई राहत नहीं दी गई है और इसका असर आखिर में आम जनता पर पड़ेगा चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय बजट में राज्य की पूरी तरह उपेक्षा की गई

पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि बजट में किसानों के कर्ज एमएसपी की गांरटी पर कुछ नहीं कहा गया है

उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि बजट लोकतंत्र के पवित्र मूल्यों को संमर्पित है उन्होंने कहा कि देश के विकास की परिभाषा लिखने वाले इस बजट में किसानों महलाओं युवाओं व्यापारियों तथा आदिवासियों सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है

और इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है सीकर सांसद सुमेधानन्द ने कहा कि इस बजट में भारत को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने का विशेष ध्यान रखा गया है

सीआईआई के अध्यक्ष विशाल वैद्य ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किये गये प्रावधानों की प्रशंसा की